नई कर प्रणाली में शामिल होना आयकर दाता की इच्छा पर निर्भर होगा नई कर प्रणाली में कर दाताओं को मानक कटौती की छूट नहीं होगी यह घोषणा आज लोकसभा में आम बजट प्रस्तुत करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया

वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार का बजट मुख्य तौर पर तीन चीजों आकॉक्षी भारत सभी के लिये आर्थिक विकास करने वाला भारत और समी की देखभाल करने वाले समाज पर आधारित है

किसानों के लिये सरकार ने पिटारा खोला है

किसानों के जल्द खराब होने वाले उत्पादों के शीघ्र परिवहन के लिये वातानुकुलित किसान रेल सेवा शुरू की जाएगी बागवानी फसलों के लिये एक जिला एक फसल योजना भी शुरू होगी

मत्स्य पालन मेँ रोजगार बढ़ाने के लिये सागर मित्र योजना शुरू होगी इसके अलावा किसानों के बेकार और बंजर जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिये सहायता दी जाएगी वित्तमंत्री ने सदन में घोषणा करते हुए बताया कि नये इंजीनियरों को शहरी स्थानीय निकायों में एक वर्ष की इंटर्नशिप कराई जाएगी

मोबाइल इलेक्ट्रानिक उपकरण बनाने और सेमिकंडक्टर पैकेजिंग के लिये नई योजना आएगी

करदाता बिना व्यक्तिगत उपस्थिति के अपील कर सकेंगे

गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिये राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी होगी शिक्षण संस्थानों में लड़कों से ज्यादा लड़कियों का होगा नामांकन जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिये सरकार आर्थिक मदद देगी

खरगोन जिले की पवित्र नगरी मंडलेश्वर में दो दिवसीय नदी महोत्सव आज शुरू हो रहा है संस्कृति मंत्री विजय लक्ष्मी साधौ समारोह की मुख्य अतिथि होंगी नरसिंहपुर जिले में नर्मदा पद यात्राएं निकाली जा रही हैं मौसम उत्तरी भारत में बर्फबारी के बाद प्रदेश में एक बार फिर ठंड बढ़ गई है

राजधानी भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में तेज धूप निकालने के बावजूद ठंड का असर रहा